इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे देश में सभी स्कूलों के छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम का आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारण सुनने और देखने का अनुरोध किया जा रहा है यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा

मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कल शिमला में एक बैठक में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल और दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए

इसके शुभारम्भ अवसर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया ने कहा कि खादी स्वतंत्रता से पूर्व एक शस्त्र के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में खादी की अपार संभावनाएं हैं जिसको बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग व बोर्ड प्रयासरत है गुलेरिया ने कहा कि आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है खेलो इंडिया असम के गुवाहाटी में आज खेलो इंडिया का भव्य उदघाटन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तीसरे युवा खेलों में देश के विभिन्न हिस्सों से छह हजार पांच सौ एथलिट बीस प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं खेलों इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी ने बताया कि गुवाहाटी के साथ साथ पूरा देश इस भव्य उद्घाटन का साक्षी बनेगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि दो दिन पहले हुई बर्फबारी से जनजीवन अभी भी पूरी तरह अस्त व्यस्त है

वहीं सैंकड़ों वाहन जगह जगह बर्फ में फंसे हुए हैं प्रशासन द्वारा शिमला शहर में हालात सामान्य बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है

अजीत समाचार के अनुसार बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है श्री बजेश्वरी मंदिर से शुरू होगा संस्कृत कॉलेज केसीसी बैंक के पूर्व एमडी तक पहुंची जांच की आंच शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाइ की अनुमति मांगी बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म मामले पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जैदी पर महिला आईपीएस के खुलासे से मचा हड़कंप इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआनमस्कार